किसान सम्मान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यो के लिए किसानों को किया सम्मानित कहा सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के दिशा में गम्भीरता से कर रही है कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य नागरिकता देना है न कि रदद करना केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि एनडीए सरकार अगले पांच वर्ष में आतंकवाद वाम चरमपंथ तथा पूर्वोत्तर में उपद्रव को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्द है नई दिल्ली में कल खुफिया ब्यूरो शताब्दी व्याख्यान में उन्होंने कहा कि खुफिया ब्यूरो ने पिछले पांच वर्षो में आतंकवादी गुटों के मॉड्यूल्स को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है उन्होंने कहा कि ब्यूरो ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आईबी को राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र का दिमाग बताते हुए गृहमंत्री ने कहा कि संस्था ने आतंकवाद और माओवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को लागू करने में हमेशा मदद की है प्रदेश सरकार ने कल मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के पचास हज़ार सात सौ चालीस लाभार्थियों को निःशुत्क आवास की चाभियां वितरित की इस सिलसिले में लखनऊ के लोकभवन में आयेजित मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे इस अवसर पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक करते हुए कहा कि सरकार बिना मेदभाव के सभी वर्गो के कल्याण के लिए प्रयासरत है कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने सुबे के उपेक्षित और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को आवास की सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र का अनुपालन करते हए समाज के समी वर्गो के हितों के लिए प्रतिबद्द है हम लोग जातिवाद मज़हब देखकर के चेहरा देख करके योजनाथों का लाम नहीं देते हैं विकास सबका लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं इस लक्ष्य को लेकर जो कार्यक्रम आगे बढ़ा है उस कार्यक्रम का हिस्सा आज यह कार्यक्रम है आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विस्वास की जो बात की है यह मकान के माध्यम से आवास के माध्यम से शौचालय के माध्यम से विद्युत के कनेक्शन के माध्यम से उज्जवला योजना में रसोई गैस कनेक्शन के माध्यम से आयुष्मान भारत के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से ये सभी योजनाएं इसके प्रमाण हैं ये आवास कृष्ठ रोगियों के साथ ही उन लोगों को दिये गये है जो प्राकृतिक आपदा से पीड़ित रहे और कच्चे और पुराने मकानों में रहते आ रहे थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास योजना का लोगो और टोल फ्री नम्बर भी जारी किया गया कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने लगभग तीन हजार सात सौ मकान कृष्ठ रोगियों को दिये जाने के लिए सरकार की सराहना की देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की एक सौ सत्रहवीं जयन्ती कल प्रदेश भर में किसान सम्मान दिवस के रूप में मनायी गयी इस अवसर पर लखनऊ में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किसानों को पुरस्कृत किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चैधरी चरण सिंह ने जीवन पर्यन्त किसानों की खुशहाली के लिए कार्य किया और किसानों के हित में अनेकों निर्णय लिए श्री योगी ने कहा कि देश की ख्शहाली का रास्ता गांव से होकर गुजरता है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतत्व में सरकार किसानों की आय को दोग्ना करने की दिशा में गम्मीरता से कार्य कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए मुदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना परम्परागत कृषि विकास योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाओं से किसानों को आर्थिक और सामाजिक सहायता एवं सुरक्षा प्रदान की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे लोग अपने संदेश एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य या नमो एप ओपन फोरम और माई जी ओ वी डॉट इन पर भेज सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल या एसएमएस से प्राप्त लिंक पर अपने सुझाव दे सकते हैं यह सुझाव इस महीने की अट्ठाईस तारीख तक दिये जा सकते हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य नागरिकता देना है न कि किसी की नागरिकता रद्द करना श्री नड्झ कल कोलकाता में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की अभिनन्दन रैली को सम्बोधित कर रहे थे श्री नड़्डा ने विपक्षी दलों के नेताओं पर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों के बीच भ्रम फैलाने और देशवासियों को ग्मराह करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान ने आजादी के बाद अल्पसंख्यकों की रक्षा का संकल्प लिया था लेकिन दोनों देशों के रास्ते बदल गये भारत ने सदैव सभी धर्मो के लोगों को बराबर सम्मान दिया श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने पड़ोसी देशों पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को अपने यहां शरण दी जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें इस अधिनियम के तहत नागरिकता दी है उन्होंने कहा कि पूरा बंगाल नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि योट बैंक की राजनीति के चलते नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है कल जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री चौहान ने कांग्रेस से सवाल किया कि वह विरोध प्रदर्शन के नाम पर फैलाई जा रही हिंसा का विरोध क्यों नहीं कर रही है ये देश हम सबका है

ये कानून नागरिकता देने का कानून है लेने है ही नहीं किसी भी धर्म और पंत के भाई और बहनों भारत की सरजमी वो इस माटी में पैदा हुए वो हमारे अपने है ये देश उनका भी है इसलिए ऐसा कोई प्रावधान इसमें है ही नहीं जनता सच्चाई जानती लेकिन और सच्चाई बताने के लिए और श्रम दूर करने के लिए हम जनता के बीच जाएंगे सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से किसी भी धर्म या क्षेत्र के भारतीय नागरिक पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा सरकार ने इस अधिनियम के बारे में किये जा रहे दुष्प्रचार से गुमराह नहीं होने की अपील की है सरकार ने फिर दोहराया है कि नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान के छह अल्यसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए एक सक्षम क़ानून है यह मानवीय आघार पर बनाया गया है क्योंकि ये अत्यसंख्यक अपने मज़हब के आधार पर उत्पीड़न के कारण इन तीन देशों से भाग कर आये हैं यह अविनियम किसी से नागरिकता नहीं छीनता है यह एक मिथक है कि नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज़ों को अभी एकत्र करने की ज़रूरत है अन्यथा लोगों को निर्वासित कर दिया जाएगा केन्द्र ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राष्ट्रव्यापी एनआरसी की घोषणा नहीं की गई है जब भी घोषणा की जायेगी नियम और दिशा निर्देश इस तरह से तैयार किए जाएंगे कि किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना न करना पड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में बनने वाले आयुष विश्वविद्यालय का डिजाइन भारतीय वास्त् के अनुसार होना चाहिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को नए वित्त वर्ष में इसका निर्माण शुरू कराने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री कल लखनऊ में लोकभवन में राज्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे श्री योगी ने कहा कि आयूर्वेद योग और नैच्रोपैथी मेडिकल ट्रिज्म का बड़ा आघार हैं उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में भी कार्य करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष विश्वविद्यालय को किसानों से भी जोड़ना चाहिए उन्होंने कहा कि अगर हम किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रेरित करें तो इससे उनकी आय में बढ़ोत्तरी होगी

इस दौरान देश में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निकासी के क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा हुई विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों और पानी की कमी से निपटने के लिए सतत समाधान उपलब्ध कराने के साथ गांवों में साफ सफाई बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया